वे नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में पर्यटन आय्ष व वैलनेस उत्पादन फार्मास्यूटिकल रियल एस्टेट जल विद्यूत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों की ब्रहद श्रृंखला पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों को अपनी इकाईयां हिमाचल में लगाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और जर्मनी की कई कंपनियां प्रदेश में कियाशील हैं इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन भारतीय राऊंड टेबल के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ बैठक कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने रोड़ शो में हिमाचल की विषमताओं नीतियों अनुकूल अवसरों और निवेश को बढ़ावा व आकर्षित करने की तैयारियों के बारे अपने विचार सांझा किए

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और विविध भौगोलिक हालात होने के कारण हिमाचल औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुकूल है एफ आईजैड के सीईओ डॉक्टर क्रिस्टियन गारबे ने एक द्रसरे से सीखने की ज़रूरत पर बल दिया उल्लेखनीय है कि हिमाचल में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्यसे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जर्मनी व नीदरलैंड के दौरे पर हैं

उन्होंने बताया कि शिविर में पदमश्री सुभाष पालेकर द्वारा प्राकृतिक खेती पर किसानों को जानकारी दी जाएगी

मुख्य सचिव ने विभिन्न परियोजनाओं के समय समय पर प्रभावी आकलन के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं में सबसे अधिक मामले लोगों द्वारा पीने के पानी की किल्लत को लेकर लाए गए हैं बिंदल ने अधिकारियों को जनसमस्याएं गंभीरता से लेने और इनका समयबद्ध निपटारा करने को कहा ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के विकास सम्बंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की

ये निर्णय पर्यटन सीजन में वाहनों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए लिया गया है

इसके अलावा मनाली लेह मार्ग पर भी यातायात बाधित हुआ है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार भारी वर्षा से पठानकोट चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग मलबा आने से अवरूद्व हो गया है किन्नौर मंडी कुल्लू सहित राजधानी शिमला में सुबह के समय जोरदार वर्षा के बाद मौसम सुहावना हो गया है उधर निचले ज़िलो में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है

पिछले दो वर्षो से एसएमसी स्कूल प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया मगर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया

हालांकि प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक श्रवण कुमार चौधरी ने कहा कि इस मामले पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

नगर निगम शिमला द्वारा आज टूटीकंडी में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित चिकित्सा जांच व जागरूकता शिविर में उन्होंने ये बात कही